उन्होंने नेताओं कार्यकर्ताओं व अधिकारियों को सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालने करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री इन दिनों कांगड़ा जिला के प्रवास पर हैं इस दौरान वे आज जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास करेंगे राशन कार्ड केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना बिना देर किए पूरी तरह लागू करने का अनुरोध किया है

वीरेन्द्र कंवर प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्राकृतिक खेती की सर्टिफिकेशन की जाएगी

उन्होंने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है ताकि किसान रसायनों की खेती से मुक्त हो सकें और उनकी आय भी बढ़े शांता कुमार पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कोरोना संकट के समय में सभी नेताओं से पूरी सावधानी बरतने की अपील की है पालमपुर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बनाए गए नियमों को बड़े बड़े नेता तोड़ रहे हैं और जलूस निकाल रहे हैं शांता कुमार ने कहा कि सभी नेता अपने भाषणों में सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं मगर स्वयं नियमों का पालन न करना चिंता का विषय है उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी इस संकट के समय अपना प्रवास कम से कम करने का आग्रह किया है

यह आंदोलन मुम्बई में ग्वालिया टैंक से आरम्भ हुआ था प्रतिवर्ष आज का दिन अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में बढ रहे कोरोना के मामलों को अपनी प्रमुख खबर बनाया है